प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो हजार दो सौ पचास नये मामले सामने आये

मौसम विभाग ने राज्य में अगले दो दिनों के दौरान हल्की से तेज वर्षा का अन्मान जताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रभावी कार्य योजना बनाकर लागू करने से कोविड नाइन्टीन के प्रसार को रोका जा सकता है उन्होंने जनपद स्तर पर समी जिलाधिकारियों पुलिस प्रमुखों मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित बैठक कर कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर सर्वे करने कोविड मरीज के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने बेहतर निगरानी तंत्र और अधिक संख्या में रैपिड एन्टीजन टेस्ट को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इनके माध्यम से मृत्यु दर को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए मृख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को मास्क की उपयोगिता के बारे में जागरूक किया जाए उन्होंने कहा कि लोगों को बताया जाए कि बहत जरूरी होने पर ही वे घरों से बाहर निकलें तथा दो गज की दूरी के नियम का अनुपालन करें मुख्यमंत्री ने अस्पतालों की साफ सफाई और उन्हें विषाणुमुक्त रखने के लिए नियमित छिड़काव के भी निर्देश दिए प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अस्पतालों में तत्काल कोविड बेड बढ़ाने का फैसला किया है मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया और समी कोविड सम्बंधी सेवाओं को समेकित कमान और नियंत्रण केन्द्र से जोड़ने को कहा है राजधानी लखनऊ में कोविड नाइन्टीन मामलों में तेज बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है और व्यौरा हमारे संवाददाता से राज्य की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के हालात पर बुलाई गई खास बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजा हालात का जायजा लिया और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और शहर के प्रमुख चिकित्सा संख्यानों के निदेशकों को कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए एसआेपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिये लखनऊ में कोराना के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मरीजों की कांटेक्ट ट्रेसिंग सुनिश्चित करने को कहा है उन्होंने मुख्य सचिव को राज्य के महानिदेशक स्वास्थ्य के पद पर अधिकारी की तैनाती करने के निर्देश भी दिये

प्रशासन ने शहर में कई होटलों को अपने अधिकार में ले लिया है और बिना लक्षणों वाले कोविड मरीजों को एक खास चिकित्सा और आवास शुल्क के साथ यहां इलाज की सुविधा मुहैया कराई जायेगी सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड नाइन्टीन महामारी से मरने वालों की संख्या पहली बार ढाई प्रतिशत से कम हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केन्द्र और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रभावी प्रयासों के कारण ऐसा संभव हो पाया है मंत्रालय ने कहा कि प्रभावी कंटेनमेंट कार्य नीति बड़ी संख्या में नमूनों की जांच और मानक क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से मृत्युदर में कमी हुई है केन्द्र राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के दिशा निर्देशों के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से नमूनों की जांच की संख्या बढ़ायी गई हैं और अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में विस्तार किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी छब्बीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड़सठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जी ओ वी पर संदेश लिख सकते हैं

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के अट्ठारह हजार दो सौ छप्पन सक्रिय मामले हैं वहीं उन्तीस हजार आठ सौ पैंतालीस मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक एक हजार एक सौ छियालीस रोगियों की मौत हुई है उन्होंने कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है एक दिन पूर्व चौवालीस हजार एक सौ तेईस नमूनों की जांच की गई केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के सक्रिय संक्रमित व्यक्तियों की तुलना में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बढ़कर तीन लाख चार हजार से अधिक हो गई है देश में अब तक छः लाख सतहत्तर हजार चार सौ तेईस लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं ठीक होने वालों की दर बढकर बासठ दशमलव आठ छह प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों में रिकॉर्ड तेईस हजार छ सौ बहत्तर लोग ठीक हुए देश में इस समय तीन लाख तिहत्तर हजार तीन सौ उन्यासी सक्रिय मामले हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन संक्रमण के अड़तीस हजार नौ सौ दो मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या दस लाख सतहत्तर हजार छ सौ अट्ठारह हो गई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आई सी एम आर देश में लगातार जांच सुविधाओं को बढ़ा रहा है अब तक एक करोड़ सैंतीस लाख इक्यानबे हजार आठ सौ उन्हतर नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश के पूर्वी अंचलों में कल दिन भर रूक रूक कर हल्की से तेज वर्षा हयी जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है गोरखपुर अयोध्या बस्ती मऊ बलरामपुर और बलिया में कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा होने से जलभराव के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा कौशाम्बी और कुशीनगर में बीती आधी रात से तेज वर्षा होने के समाचार हैं मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से तेज वर्षा का अनुमान जताया है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी हाथों की स्वच्छता और खांसी के दौरान सावधानी बरतने का सुझाव दिया जो तरीके हैं जिससे ये कंट्रोल में पाया जा सकता है वो हैं सोशल डिस्टेशिंग रेस्प्रेटरी हाइजीन और या फिर कफ एटीकेट बोल देते हैं जिसमें खांसते और छींकते क्त मुंह को कवर करना है और हैंड हाइजीन अपने हाथों को बहुत फ्रिक्चेंटली वॉश करना है साबून पानी से या फिर हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना है पॉजिटिव रहें और अपने आपको इंगेज रखें बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता पुष्कर मिश्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि श्री पुष्कर के असामयिक निधन से पार्टी ने अपना एक निष्ठावान सिपाही खो दिया है श्री पुष्कर कोरोना संक्रमित पाए गए थे जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया और अब कुछ संक्षिप्त समाचार गोरखपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलो के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शाहपुर और गोरखनाथ थाना क्षेत्रों में सत्ताईस जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है जिलाधिकारी की ओर से बीती रात इस सम्बंध में आदेश जारी किया गया पीलीभीत जनपद में हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर शेष भाग में अब बाजार सप्ताह के पांच दिन सोमवार से शुक्रवार को सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे जिलाधिकारी ने इस सम्बंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं झांसी के जिलाधिकारी आन्द्रा वाम्सी ने साप्ताहिक बन्दी के दौरान कल नगर में कई इलाकों का भ्रमण कर लॉकडाउन का पालन कराया उन्होंने पुलिस कर्मियों को बिना मास्क के अनावश्यक घूम रहे लोगों के चालान काटने के निर्देश दिए